प्रदेश में मनरेगा योजना में दिव्यांगों और बुजुर्गो को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिये किया जायेगा अलग से प्रावधान राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में आज भी हो रही है जमकर बारिश सीकर में वर्षाजनित हादसों में दो लोगो की मौत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्दाजंलि अर्पित करते हुए कहा है कि यह दिवस हमे सैनिकों के साहस शौर्य और समर्पण को याद दिलाता है राष्ट्र पति रामनाथ कोविंद आज जम्मू कश्मीर के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे श्री कोविंद करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे प्रदेश में भी आज विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से करगिल युद्ध शहीदों को श्रद्दाजलि अर्पित की जा रही है बाडमेर में शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान शहीदों को श्रद्धास्मन अर्पित किये गये

वहीं सीकर में एक निजी शिक्षण संस्थान द्वारा इस दिवस के उपलक्ष्य में बाईक राइडिंग कर लौटी टीम का आज सम्मान किया जायेगा

विजय दिवस का नाम सफल विजय अभियान पर रखा गया है

करगिल युद्ध भारत के मजबूत राजनीतिक सैन्य और कूटनीतिक प्रयासों की गाथा है

कल राज्य सभा ने भी विपक्षी सदस्यों के वॉकआउट के बीच इस विधेयक का अनुमोदन कर दिया लोक सभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है

विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये विधेयक किसी समुदाय या धर्म के खिलाफ नहीं है श्री प्रसाद ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार और गरिमा प्रदान करना है

संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की कल शाम नई दिल्ली में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया

कल नई दिल्ली में दूरदर्शन केन्द्र में अत्याध्रनिक वीडियो वॉल का उदघाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इससे और अधिक लोग द्रदर्शन की ओर आकृष्ट होंगे

ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा

श्री पायलट कल जयपुर में इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ महात्मा गांधी नरेगा संवाद कार्यक्रम में सभी जिलों से आये प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे

शुन्यकाल में पर्ची के माध्यम से उठाए गए मुद्दों पर जवाब देते हए स्वास्थ्य मंत्री रघू शर्मा ने कहा कि राज्य में सिलिकोसिस पॉलिसी बनाई जा रही है

परसो से शुरू हुआ बारिश का दौर रूक रूक कर जारी है कभी तेज तो कभी धीमी बरसात से जहां तापमान में कमी आई है और लोगों को गर्मी तथा उमस से राहत मिली है वहीं कई जगह सडकों पर भरा पानी लोगों के लिये परेशानी का कारण बन गया है सीकर में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है दो दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनधन का काफी नुकसान हुआ है